राज्यपाल ने कहा कि सरकार ने अपने गठन के दिन से ही विकास मूल मंत्र आधार लोकतंत्र को आत्मसात किया है

राज्यपाल ने अभिभाषण में राज्यहित में उठाये जा रहे मौजूदा सरकार की कई अन्य योजनाओं और गतिविधियों का भी उल्लेख किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देश के पहले भारतीय खिलौना मेला का वर्चुअल माध्यम से उदघाटन करेंगे

इस मेले का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत अभियान के अनुरूप स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देना है आइये सुनते हैं खिलौना मेला पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का यह संदेश झारखंड से इस खिलौना मेले में रांची बोकारो धनबाद जमशेदपुर और सिमडेगा से भी स्थानीय शिल्पकारों और उद्यमियों क चयन किया है अपनी तरह के इस पहले प्रयास का उददेश्य भारतीय खिलौना उदयोग के सभी संबंधित पक्षों को एक मंच पर लाना है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि खेल अर्थव्य्वस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं उन्होंने कहा कि सरकार ने खेलों के महत्व को देखते हुए इन्हें पाठ्यक्रम में शामिल किया है वे आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दूसरे खेलो इंडिया राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों के उदघाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि ये खेल आज से दो मार्च तक चलेंगे समारोह का आयोजन युवा कार्य और खेल मंत्रालय जम्मू कश्मीर खेल परिषद और जम्मू कश्मीर की शीतकालीन खेल एसोसिएशन द्वारा किया गया है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि किसान प्रसंस्करण इकाइयां सूक्ष्म लघ् और मझौले उद्यम तथा स्टार्टअप आत्मनिर्भर भारत की प्राण शक्ति होंगे वित्तीय सेवा क्षेत्र में बजट के कार्यान्वयन पर आयोजित वेबिनार में प्रधानमंत्री ने कहा कि वित्तीय क्षेत्र के बारे में सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट है श्री मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार के शासन में बैकिंग और गैर बैकिंग क्षेत्र में महत्वंपूर्ण बदलाव हए हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि दस साल पहले बड़े स्तर पर उधार देने के नाम पर वित्तीय और बैकिंग क्षेत्र को कमजोर किया गया जो अब मौजूदा सरकार की प्रतिबद्धता के कारण पटरी पर आ रहे हैं प्रधानमंत्री ने केन्द्रीय बजट के प्रमुख प्रावधानों का जिक्र करते हए उन्होंने वित्त से संबद्व निजी क्षेत्रों की सक्रिय भागीदारी पर जोर दिया केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में नवाचार उद्यमशीलता और कौशल विकास पर जोर दिया गया है फिक्की उच्च शिक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हए उन्होंने कहा कि यह नीति भारत को विश्व की ज्ञान राजधानी बनाएगी श्री गोयल ने कहा कि इसके जरिए विद्यार्थी अपनी पसन्द के क्षेत्र में अधिक रचनात्मक बन सकेंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार को अकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे

एक ट्वीट में श्री मोदी ने लोगों से इस कार्यक्रम में अपनी प्रेरणादायक घटनाओं को साझा करने का आग्रह किया है लोग अपने विचार नमो एप या माईगोव ओपन फोरम पर साझा कर सकते हैं

राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को सलाह दी गई है कि वे टीकाकरण की प्रक्रिया तेज करें और संक्रमण को और न बढ़ने दें इन राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को यह भी सलाह दी गई है कि वे कंटेनमेंट क्षेत्रों पर नजर रखें और कड़ाई से निमयों का पालन कराएं

वहीं तमिलनाड केरल और केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव एक चरण में ही होंगे

हजारीबाग के सदर प्रखंड के अमनारी और चुटियारो में केरोसिन तेल जलाने के क्रम में हुए विस्फोट की अलग अलग घटना में मारे गये लोगों के परिजनों को आज मुआवजा दिया गया

आज तीन लोगों ने चेक प्राप्त किया जबकि एक अन्य पीड़ित को बाद में चेक दिया जायेगा उपायुक्त ने बताया कि घायलों को भी प्रावधान के तहत मुआवजा मिलेगा हजारीबाग शहर मुख्यालय से सटे नगवां में बनाए गए टोल प्लाजा के विरोध में स्थानीय लोगों ने आज एनएचएआई के कार्यालय का घेराव किया इस दौरान ग्रामीणों ने एनएचएआई के अधिकारियों को मांग पत्र सौंपा

उपराजधानी दमका के लोगों को फिट रखने के लिए नगर परिषद शहर में सात स्थानों पर ओपन जिम स्थापित करेंगा ये ओपन जिम यज्ञ मैदान गांधी मैदान रसिकपुर रेलवे स्टेशन सराय रोड शिवपहाड और पुलिस लाइन में स्थापित होंगे

गांव में विगत कृछ महीनों से कुछ लोगों की मृत्यु हो जाने और बीमार पड़ने से मन में धारणा बन गयी थी कि इसका जिम्मेवार निकोटिन टोपनो और उसकी पत्नी जोसफिना डहंगा है इसी बात को लेकर ग्रामीणों ने बैठक कर दोनों को मारने का निर्णय लिया और फिर उसी रात में आठ लोगों ने टोपनो के परिवार के सदस्यों की हत्या कर दी पलामू जिले में कुणाल सिंह हत्याकांड में फरार कुख्यात अपराधी आरोपी गौतम सिंह के घर मेदिनीनगर शहर थाना पुलिस ने आज न्यायालय के आदेश पर कुर्की जब्ती की पुलिस ने कई सामानों का जब्त किया और थाना ले गयी

इस संबंध में कुणाल के भाई चंदन सिंह के बयान पर एफआईआर दर्ज की गयी थी

वह मेरठ का रहने वाले था